ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरूआत इस वर्ष अप्रैल में की गई थी इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को मकान के अधिकार का रिकार्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है यह योजना चार वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से पूरे देश में लागू की जाएगी

कार्ड वितरित किए जाने के आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है

इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और लोगों को बेटियों के अधिकारों के प्रति जागरूक करना है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज प्रदेश भर में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं सोलन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री डॉ राजीव सहजल शिरकत करेंगे ऊना में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती करेंगे कार्यक्रम में उत्कृष्ट छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा

वार्षिक रिटर्न भरना केवल दो करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक टर्न ओवर वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है पांच करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्न ओवर के लिये समाधान विवरण जमा कराना होगा राज्य लोकसेवा आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाओं की आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है अब आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के बाद ही भर्ती आवेदन अपलोड होंगे आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि सभी भर्ती विज्ञापनों के लिए अब नई व्यवस्था लागू रहेगी राज्य लोकसेवा आयोग अभी तक कई परीक्षाओं के दौरान केंद्रो में ही अभ्यर्थियों से आवश्यक दस्तावेज की छाया प्रति को एकत्र करता था इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय खराब होता था नई व्यवस्था के तहत अध्रे दस्तावेजों को जमा ही नहीं किया जाएगा

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है भर्तियों में गड़बड़ी पर प्रो विनोद यादव को एनआईटी हमीरपुर के निदेशक पद से हटाया

पंजाब कसेरी का शीर्षक है एनआईटी हमीरपुर के निदेशक विनोद यादव बर्खास्त दिव्य हिमाचल के अन्सार भर्तियों और कामकाज में अनियमितताओं के चलते शिक्षा मंत्रालय ने गिराई गाज हिमाचल दस्तक की एक खबर है अफसर बदलने से वर्ल्ड बैंक गुस्सा आईडीपी प्रोजैक्ट राज्य सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्रालय को पत्र भेज आपत्ति जताई अमर उजाला की सुर्खी है प्रभारी राजीव शुक्ला के सामने मंडी में मंच पर कांग्रेस कार्यकर्ताओ में धक्का मुक्की आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने मंडी में भाजपा को घेरा

दैनिक जागरण की एक खबर है अब बेफिक्र लाए इलेक्ट्रिक कार शिमला में होगी चार्ज आपका फैसला ने खबर दी है एचपीपीएससी के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाओं की आवेदन प्रक्रिया में बदलाव दुर्गम क्षेत्रों में राहत फर्स्ट रिस्पॉन्डर मोबाइल एंबुलेंस ऑक्सीजन सिलेंडर लेंकर तुरंत पहुंचेगी मरीजों के घर शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है कोरोना या दूसरी बीमारी के मरीजों को अब तुरंत घर पर उपलब्ध करवाई जाएगी ऑक्सीजन